रामगढ़ और जमषेदपुर जिले से एक एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है

प्रदेष में प्रवासी श्रमिकों और विद्यार्थियों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है आज राज्य के ग्यारह जिलों के ग्यारह सौ से अधिक प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहंची मुंबई सेंट्रल से खुली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहंचे प्रवासी मजदूरो को स्क्रीनिंग के बाद बसों में बैठाकर उन्हें उनके गृह जिला के लिए रवाना किया गया इधर देश के अलग अलग राज्यों से पांच श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज अहले सुबह से दोपहर के बीच बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची जिसमें विभिन्न जिलों के पांच हजार एक सौ अरसठ प्रवासी मजदूर और विद्यार्थी अपने गृह प्रदेश पहंचे सभी के चेहरों पर अपने प्रदेश आने की खुशी झलक रही थी कर्नाटक बेंगलुरु कोल्हापुर और तेलंगाना के घटकेसर से दो ट्रेन बोकारो पहुंची प्रवासियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा फूड पैर्केट और पानी की व्यवस्था की गई थी सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग करायी गई उसके बाद उन्हें सेनीटाइज किए हुए बसों के माध्यम से उनके गृह जिला भेज दिया गया

आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश में आज से घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं लॉकडाउन के बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से एयर एशिया की पहली फ्लाइट लैंड हुई विमान से उतरने वाले यात्री पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले

एक जून से चक्रधरपुर रेलमंडल से होकर पांच जोड़ी ट्रेनें चलेंगी ये ट्रेन रोजाना हावड़ा पुरी दिल्ली अहमदाबाद और पटना जाएगी पांच में दो ट्रेनें चक्रधरपुर रेलमंडल में पड़ने वाले दो स्टेशनों से खुलेंगी एक ट्रेन टाटानगर से दानापूर जाएगी यह ट्रेन अपने पुराने रूट से होकर चलेगी दूसरी ट्रेन बड़बिल से खुलेगी और चाईबासा टाटानगर खड़गपुर होते हुए हावड़ा तक जाएगी तीन ट्रेनें चक्रधरपुर रेलमंडल होकर गुजरेंगी जो रेल मंडल में पड़ने वाले कई स्टेशनों पर रूकेंगी ट्रेन के आने से डेढ़ घंटे पहले यात्रियों को कंफर्म टिकट लेकर स्टेशन आना होगा जहां उन्हें सेनिटाइज किया जाएगा फिर स्क्रीनिंग कर एक फार्म पर उनका विवरण लिया जाएगा जांच में कोरोना संदिग्ध पाये जाने पर सफर करने नहीं दिया जाएगा केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही ट्रेन में चढ़ पाएंगे

मानव संसाधन विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी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

लोहरदगा जिले में भी ईद सादगी के साथ मनायी गयी कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ईद की नमाज अदा की कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने ईद के मौके पर जरूरतमंदों के बीच भोजन सामग्री का भी वितरण किया जिले के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों में रहने वाले इस्लाम धर्मावलंबियों के बीच फल सेवइयां और पकवान बांटे गए वहीं जमशेदपुर में मुख्य साकची गोल चक्कर में सुरक्षा को लेकर रेपिड एक्षन फोर्स की टीम भी पूरी तरह से सतर्क रही कोरोना संक्रमण को देखते हए रैफ के जवानों द्वारा आसपास के क्षेत्रों को सेनीटाइज भी किया गया वहीं गुमला जिले में ईद उल फितर का त्योहार सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए सौहार्द पूर्वक मनाया गया रामगढ़ जिले में कुजू एनएच तैंतीस रांची पटना हाइवे पर लोगों ने सड़क से गुजरने वाले ट्रक बस में सवार प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को रोककर खाद्य सामग्री के साथ पानी का बोतल देकर ईद मनाया गोड़डा जिले में भी शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई गई लॉक डाउन के नियमों का पालन कर लोगों ने अपने घरों में रहकर नमाज अदा की झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी द्वारा आज शोकसभा आयोजित कर पार्टी के दिवंगत विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह को श्रद्वांजलि दी गई रांची के कांग्रेस भवन सभागार में सोशल डिस्टेसिंग के साथ आयोजित शोकसभा की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने की उन्होंने कहा कि श्रमिक नेता के रूप में राजेन्द्र सिंह ने झारखंड ही नहीं पूरे देश में अपनी एक विशिष्ठ पहचान बनायी उनका निधन अपुर्णीय क्षति है शोकसभा के अंत में दो मिनट का मौन रखकर सभी ने पार्टी के दिवंगत नेता को नमन किया कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजेंद्र प्रसाद सिंह की अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव करगली के दामोदर नदीं तट पर होगी गुड़ग्राम से सड़क मार्ग द्वारा राजेन्द्र प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर में बेरमो के ढोरी क्वाटर स्थित उनके आवास लाया जायेगा कल झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सह मंत्री डॉ रामेश्वर उरॉव राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साह मंत्री बन्ना ग्रुप्ता और बादल पत्रलेख सहित झारखण्ड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रॉची से बेरमो जाकर अन्तिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड लॉक डाउन में भी कोयला उत्पादन कर लगातार देश को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है

चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है पीड़िता के बयान पर स्थानीय थाना में अज्ञात अपराधियों के विरुद्व प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है एसडीपीओ ने मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की बात कही है लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र के चकला स्थित अर्ध निर्मित बंद पड़े अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट परिसर में आज भीषण आग लग गई इस घटना में कई कीमती इलेक्ट्रिकल वायर मशीन और यार्ड में खड़े वाहन जलकर खाक हो गये आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है प्रे मामले पर अभिजीत प्रोजेक्ट हेड बीसी साहू ने बताया कि आग लगने के कारण अस्पष्ट है

नवतांड गांव में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कल एक तालाब में मछली मारी जा रही थी पुलिस द्वारा निर्देष देने पर गांव वालों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की थी इस घटना में दो पुलिस कर्मी घायल भी हो गए थे

सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने एक पेशेवर अपराधी को देसी कट्टा और एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक युवक के अवैध हथियार लेकर घूमने की सूचना पर गठित टीम ने नमोपाड़ा में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया

पुलिस ने आशंका जताई है कि वह किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में था संक्षिप्त खबरें प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही बस सिकिदिरी घाटी में द्र्घटनाग्रस्त हो गयी

गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने नक्सली संगठन जेजेएमपी के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है

पुलिस ने ट्रक के दो ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है